कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर भी किया जा रहा है नियमों का पालन

पीएम कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया कि नए किसान कानून उनके लाभ के लिए लाए गए हैं और सरकार न केवल उन्हें बाजार के नए अवसर प्रदान करना चाहती है बल्कि मंडी प्रणाली को मजबूत भी करना चाहती है प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि सुधारों के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए गये किसी भी सुधार का विरोध केवल अटकलों और गलतफहमियां फैलाने की एक नई प्रवृत्ति हाल ही में सामने आई है उन्होंने कहा कि पहले छोटे किसान बाजार तक पहंचने में सक्षम नहीं थे लेकिन अब इन कानूनों से उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए कई विकल्प मिलेंगे कृषि कानून किसान रायसेन जिले के परसौरा के किसान चुन्नीलाल गौर ने नए कृषि कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इसके खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि यदि चिकित्सक और स्टाफ दोषी पाए जाएं तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाए श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के अलावा अन्य रोगों से ग्रस्त रोगियों विशेषकर बच्चों में निमोनिया आदि की स्थिति पर नजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग का अमला चुस्त और चौकस रहे जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो

शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण के दो नए मामले सामने आये

मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सभी जिलों में जागरूकता के प्रयास भी किये जा रहे है शिवपुरी में रोको टोको अभियान के तहत मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं जन आंदोलन जाने माने साहित्यकार और चिकित्सक पदमश्री डॉ ज्ञान चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

इस अवसर पर प्रदेश में भी गुरुद्वारों में खास सजावट की गई है हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते नगर कीर्तन और लंगर का सीमित आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर गुरू नानक देव जी को नमन किया है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि गुरू नानक देव जी के विचार हमें समाज की सेवा करने और बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करते रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरुनानक देव जी की दिखाई राह पर हम सब चलें पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी प्रदेशवासियों को प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं टीकमगढ़ में गुरू पर्व पर लंगर की जगह प्रसाद की पैकेट बांटने की व्यवस्था की गई है जिससे कि भीड़ इकटठा ना हों

उधर जबलपुर में भी लंगर के बजाए प्रसाद के पैकेट का वितरण किया जा रहा है गुना आगरमालवा होशंगाबाद छिंदवाड़ा शहडोल सहित सभी जिलों में प्रकाश पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व आज पारंपरिक श्रद्दा भाव के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर प्रदेश की नर्मदा सहित विभिन्न नदियों में श्रद्धालुओं ने स्नान किया जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारी घाट पर श्रद्वालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की वहीं होशंगाबाद में कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार कोरोना संकट के कारण बादंराभान में मेला नहीं लगा हालांकि श्रद्वाल पवित्र स्नान के लिए पहुंचे देवास के नेमावर में भक्तों ने दीपदान किया मंदसौर और आगरमालवा में भी कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर महिलाओं ने दीपदान कर सुख समुद्धि की कामना की

मुख्यमंत्री का संदेश दूरदर्शन सभी क्षेत्रीय चैनल्स और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाएगा

कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है कि इससे मंडियों का अंत हो जायेगा जबकि सच यह है कि मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी मौसम अब खबर मौसम की उधर कोई वेदर सिस्टम प्रदेश और आसपास सक्रिय नही रहने से वातावरण श्रष्क हो गया है इससे रात के तापमान में अब और गिरावट होने के आसार बढ़ गए हैं मौसम विभाग के मुताबिक हवा का रुख उत्तरी बना रहने से दो तीन दिन तक ठंड के तेवर तीखे बने रहने की संभावना है इसके बाद मौसम के मिजाज में एक बार फिर बदलाव होगा और ठंड से कुछ राहत मिलेगी हालांकि राजधानी भोपाल में तेज ध्र्प खिलने से दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है

जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिले में मौसम का मिजाज बदल रहा है यहां रात में तेज सर्दी पड़ रही है वहीं तीव्र धूप की वजह से गर्मी का अहसास हो रहा है